प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय कई स्थानों पर भारी वर्षा से सामान्य और जनजीवन प्रभावित

इस अभियान में शिक्षण संस्थानों स्वास्थ्य पुलिस सामाजिक न्याय व महिला सशक्तिकरण विभाग पंचायतों महिला मंडलों अभिभावकों स्कूली बच्चों व शिक्षकों को शामिल किया जाएगा साथ ही राज्य के उन क्षेत्रों में वैकल्पिक कृषि को भी बढ़ावा दिया जाएगा जहां पारम्परिक तौर पर भांग उगती रही है ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेशमर में ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक राज्य स्तरीय स्पैशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा तथा गृह विभाग पड़ौसी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ भी नियमित बैठकें करेगा ताकि अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया पर शिकंजा कसा जा सके

मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को प्रदेश में लागू करने को भी मंजूरी दे दी है

मारकंडा आज केलंग में आयोजित ज़िला परियोजना सलाहकार समिति की पहली त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जिले में कम कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आंबटित बजट को समय पर खर्च करें और विकास कार्यों में तेजी लाएं उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार शासन के क्षेत्र में आसाधारण कार्यकुशलता से काम कर रही है इसी का नतीजा है कि पब्लिक अफेयर सेंटर ने हिमाचल को शासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा है वन मंत्री ने आज कुल्लू में कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में उन कार्यो को पूरा कर रही है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में अधर में लटके रहें उन्होंने यह भी कहा कि वन विमाग में कई परियोजनाएं बाहरी सहायता से चल रही है जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है विघायक हमीरपुर से भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर और भोरंज से कमलेश कुमारी ने सांसद अनुराग ठाकुर को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाए जाने पर खुशी जताई है इन विधायकों ने आज एक बयान में कहा कि अनुराग ठाकुर ने ये जिम्मेवारी हासिल कर एक नया रिकार्ड बनाया है क्योंकि वे इस पद पर लगाए जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद है रेडक्रास राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने युवाओं से रेडक्रॉस गतिविधियों में सक्रियता से भागीदारी निभाने का आहवान किया है डॉक्टर साधना ठाकुर आज शिमला स्थित मानसिक रोग व पुर्नवास अस्पताल परिसर में पौध रोपण अभियान के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को रेडक्रॉस गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत रात्रि शिमला में एक समारोह में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन व आजीविका परियोजना का शुभारम्म किया

ये परियोजना न केवल जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करेगी बल्कि राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में भी मद्दगार साबित होगी

वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शीन्जो आबे के प्रयासों का परिणाम है

इस मामले पर आदलत में आज सुनवाई हुई अदालत ने ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर ताजा अनुपूरक आरोप पत्र के बाद जारी किए हैं

विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर बीते रोज जारी विश्वविद्यालय के नए वैब पोर्टल का दिव्यांगजन भी बिना किसी बाधा और मद्द के इस्तेमाल कर सकेंगे

उन्होंने दावा किया कि दिव्यांगजन इस वैब पोर्टल पर मौजूद सारी सामग्री को टॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से सुन सकेंगे और ऑनलाईन फार्म भी भर सकेंगे मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश स्थानों पर रूक रूक कर मॉनसून की वर्षा जारी है राज्य में हो रही भारी वर्षा से कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है सोलन ज़िला के भराड़ीघाट के समीप गतेड़ गांव में बीती रात हुई मुसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ में आधा दर्जन गाड़ियां बह गई और एक गौशाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई राजधानी शिमला के विकास नगर क्षेत्र में भी पेड़ गिरने से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई जबकि आईजीएमसी के पास पेड़ गिरने से कई घंटे अस्पताल के लिए रिज की ओर से यातायात बंद रहा उधर लाहौल स्पिति के थिरोट नाला में दो दिन पूर्व आई बाढ़ के चलते साढ़े चार मेगावाट क्षमता की थिरोट पनविद्युत परियोजना में दो दिनों से बिजली उत्पादन बंद है इस कारण लाहौल घाटी के कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे हुए हैं जिससे घाटी में संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं

मौसम विमाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य के मैदानी और मध्यम उंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है तेजवंत भाजपा के पूर्व विधायक तेजवंत नेगी ने किन्नौर ज़िला के विकास में कथित अनदेखी को लेकर कांग्रेस द्वारा ज़िले के तीन विकास खंडों में किए जा रहे क्रमिक अनशन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है नेगी ने आज रिगांकपिओ में एक पत्रकार वार्ता में जिले की विकास में अनदेखी के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब तब ज़िले का विकास रूका रहा उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा सरकारों ने किन्नौर ज़िले के विकास को हमेशा ही तरजीह दी है

मेले के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं

उन्होंने ये भी कहा कि मिंजर मेले के दृष्टिगत जम्मू कश्मीर और अन्य पड़ौसी राज्यों से लगती सीमाओं पर पूलिस चौकसी बढ़ा दी गई है पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं